सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया है सोलन में आज एक संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में राजीव सैजल ने कहा कि नगर निगम सोलन शहर की आवश्यकता थी जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरा किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर जनता को गूमराह करने का भी आरोप लगाया इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सोलन में विकास का श्रेय भाजपा को जाता है उन्होंने कहा कि सोलन तेज गति से बढ़ने वाला शहर है मगर पूर्व कांग्रे सरकार ने इसे नगर निगम का दर्जा नहीं दिया